सरकार निर्णय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की याद में भोपाल और ग्वालियर में भव्य स्मारक बनाये जायेंगे

इसमें स्मार्ट क्लास प्लेनेटोरियम और म्यूजियम बनाया जायेगा साथ ही स्वर्गीय अटल जी की प्रतिमा स्थापित की जायेगी मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कल भोपाल में अपने निवास पर कहा कि स्वर्गीय अटल जी की स्मृति में भोपाल और ग्वालियर में स्मृति वन भी स्थापित किये जायेंगे जिनमें अटल जी की प्रतिमा के साथ उनके कार्यों को बेहतर ढंग से प्रस्तुत किया जायेगा ताकि भावी पीढ़ी को प्रेरणा मिल सके

प्रदेश के स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किये जा रहे सात शहरों भोपाल इंदौर जबलपुर ग्वालियर उज्जैन सागर और सतना में स्वर्गीय अटल जी के नाम पर विश्वस्तरीय लाइब्रेरी स्थापित की जायेगी इन पुस्तकालयों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में युवाओं के लिये कोचिंग शोध और सामाजिक चिंतन के केन्द्र के रूप में विकसित किया जायेगा इसी तरह सात स्मार्ट सिटी में बन रहे इनक्यूबेशन सेंटर्स का नाम स्वर्गीय अटल जी के नाम पर रखा जायेगा इन सेंटरों पर मध्यप्रदेश के युवाओं को स्टार्टअप स्थापित करने की सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेंगी

हरिद्वार में स्वर्गीय वाजपेयी के परिजन भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह गृह मंत्री राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की उपस्थिति में आज अस्थी विसर्जन किया जायेगा

श्री यादव ने बताया कि देश की एक सौ पावन नदियों में अस्थियां विसर्जित की जाएंगी सभी राज्यों की राजधानियों और जिला मुख्यांलयों में अस्थी कलश ले जाए जाएंगे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह नयी दिल्ली से अस्थि कलश लेकर कल रात भोपाल आएंगे अस्थि कलश को भाजपा के प्रदेश कार्यालय में रखा जाएगा

श्रद्वांजलि सभा के बाद वे स्वयं श्री वाजपेयी की अस्थियां लेकर नर्मदा नदी में प्रवाहित करने जाएंगे उन्होंने बताया कि नर्मदा के साथ ही प्रदेश की प्रमुख नदियों सोन चंबल केन ताप्ती बेतवा पार्वती आदि में भी प्रदेश के एक मंत्री और भाजपा के एक पदाधिकारी अस्थियां प्रवाहित करने जाएंगे

वहीं प्रदेश भर में श्री वाजपेयी की याद में श्रद्वाजलि सभाएं आयोजित की जा रही है भिंड अनूपपुर खंडवा और बैतूल के साथ साथ अन्य जगहों पर भी कल शोक सभाऐं आयोजित की गई

प्राचार्यों से कहा गया है कि सीट संख्या में वृद्वि परंपरागत पाठ्यक्रमों के साथ जन भागीदारी से संचालित पाठ्यक्रमों पर भी लागू होगी

प्राचार्यो को इस बात का ध्यान रखना होगा कि सीट संख्या में वृद्धि के बाद महाविद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था सुचारू रूप से हो सके

परीक्षा में पास होने के बाद इन ऑफिसरों को विधानसभा सभा निर्वाचन में रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग अधिकारी बनाया जायेगा ग्वालियर में भी कल हुई परीक्षा में ग्वालियर और चंबल संभाग के एक सौ दो रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी शामिल हुए पवैया निर्देश प्रदेश में शासकीय और अशासकीय महविद्यालयों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षा में ऑनलाईन प्रवेश समय सारणी उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई है उच्च शिक्षा मंत्री जयभान सिंह पवैया के निर्देश पर यह कार्यवाही की गई है

यह समय सारणी स्नातक और स्नातकोत्तर महाविद्यालय के पाठ्यक्रम पर लागू होगी हिन्दी सम्मेलन मॉरीसस की राजधानी पोर्टलुई में कल से ग्यारहवां विश्व हिन्दी सम्मेलन शुरू हुआ सम्मेलन में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिये दो मिनट का मौन रखा गया सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए मॉरिसस के प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ ने कहा कि श्री वाजपेयी के निधन से भारत ने एक महान सपूत और मॉरीसस न सच्चा मित्र खो दिया है

मौसम विभाग के मुताबिक इंदौर और उज्जैन संभाग में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है वहीं होशंगाबाद भोपाल और जबलपुर संभाग में कुछ स्थानों पर तथा सागर रीवा शहडोल ग्वालियर और चंबल संभाग के जिलों में भी कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है

वहीं कल सुबह से लेकर शाम तक आधा दर्जन से अधिक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई वहीं पिछले कई दिन से राजधानी भोपाल में बादल छाए रहने पर बारिश नहीं होने के कारण वातावरण में उमस बनी हुई है मौसम विभाग के अनुसार राजधानीवासियों को जल्द उमस से राहत मिलने की उम्मीद है

सामान्य से अधिक वर्षा वाले जिले भिण्ड नीमच उमरिया और सिंगरौली हैं कम वर्षा वाले जिले भोपाल सागर देवास अनूपपुर बालाघाट सतना हरदा धार बैतूल अलीराजपुर अशोकनगर छतरपुर सिवनी और डिण्डोरी हैं वहीं नीमच में चालू वर्षाकाल में अबतक छह सौ बाईस दशमदव छह मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई

बच्ची को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है